प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्र के ट्रीटमेंट में जापानी तकनीक का होगा इस्तेमालजापानी विशेषज्ञों की देखरेख में कार्य योजना तैयार आज से शुरू ही उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा के पहले दिन बिना डर के छात्राओं ने दी परीक्षा प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का असर ऋषिकेश में दुनियाभर के योग गुरुओं और योग प्रेमियों का लगा जमावड़ाआज से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस शुरू स्लग चुनाव आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आगामी लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शीपूर्ण तरीके से कराने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा है कि चुनाव के दौरान आचार संहिता का कड़ाई से पालन होगा और हर शिकायत पर तत्परता से कार्रवाई की जाएगी एक समाचार एजेंसी के मुताबिक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने आज लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि आयोग स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिये संकल्पबद्ध है वहीं पाकिस्तान में वायू सेना के हमले के बाद वर्तमान हालात का चुनाव पर असर के सवाल पर श्री अरोड़ा ने कहा कि चुनाव समय पर ही होंगे उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश में सी विजिल मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया जाएगा जिस पर कोई भी नागरिक चुनाव से सम्बन्धित शिकायत दर्ज करा सकता है शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखने का विकल्प भी होगा आयोग उन शिकायतों पर हुई कार्रवाई को अपने खर्च पर अखबारों में छपवायेगा सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिये एमसीएमसी कमेटियों में एक एक सोशल मीडिया विशेषज्ञ की तैनाती होगी

स्लग बैठक मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि उत्तराखण्ड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील है और आपदा प्रभावित क्षेत्र के ट्रीटमेंट में जापान की तकनीक बेहतर है

इसके अतिरिक्त प्रदेश के कालसी में जोकला मसूरी में कम्पनी गार्डन उत्तरकाशी में मल्ला गांव पिथौरागढ़ में ऊंचाकोट अल्मोड़ा में ताड़ीखेत के लिए जापानी विशेषज्ञों की देख रेख और मार्गदर्शन में उपचार कार्य की योजनाए तैयार की गई है

इस आतंकी संगठन ने पुलवामा आतंकी हमले की जिम्मोदारी ली है भारत ने बुधवार को पाकिस्तान को डोजियर सौंप दिया था जिसमें पुलवामा आतंकी हमले और जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों और उसके सरगना के पाकिस्तान में होने की विस्तृत जानकारी उपलब्धरकराई गई थी भारत ने इस बात पर खेद व्यक्त किया है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना अब भी अपनी जमीन पर आतंकवादी गतिविधियां और ठिकाने होने से इन्कार कर रही है जैश ए मोहम्मद पिछले दो दशक से पाकिस्तान में सक्रिय है और इसका मुख्याल बहावलपुर में है संयुक्त राष्ट्र ने इस आतंकी संगठन को अवैध घोषित कर रखा है

भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इसके प्रशिक्षण शिविर होने के बारे में पाकिस्तान को सूचना दी थी हालांकि पाकिस्तान हमेशा इससे इन्कार करता रहा है भारत इस बात पर जोर देता रहा है कि पाकिस्तान के अधिकारियों को इस बारे में पता है और उनकी जानकारी के बिना आतंकवादी गतिविधियां नहीं हो सकती

परीक्षा का आज पहला दिन था इंटरमीडिएट का पहला पेपर हिंदी विषय का था

परीक्षा देकर बाहर निकले बच्चों ने कहा कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से परीक्षार्थियों को काफी लाभ पहंचा है अधिकतर परीक्षार्थियों का हना है कि इस बार की परीक्षा से पहले उन्हें डर नहीं लगा

शुक्रवार शाम को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने ऋषिकेश के मुनिकीरेती में योग महोत्सव का शुभारंभ किया उन्होंने कहा कि योग में मन और चित की मलिनता को दूर करने की ताकत है उन्होंने ऋषिकेश को योग की राजधानी बताते हुए हा कि योग द्वारा आज दुनिया में हमारी विशिष्ट पहचान बनी है इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीटल आश्रम का भी भ्रमण किया साथ ही योग की शिक्षाओं और क्रियाओं की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया इसके बाद मुख्यमंत्री गंगा आरती में भी शामिल हुए इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल ने लोगों को योग अपनाने के लिए प्रेरित किया

उन्होंने कहा कि योग के क्षेत्र में भारत विश्व गुरू बने इसके लिए कोशिश की जा रही है

इस नवीन तकनीक से हरे चारे का उत्पादन बिना मिट्टी कम समय और कम लागत से किया जा सकता है जिले के माण्डो गांव में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि पहाड़ों में अधिकांश महिलाएं अपना बहुमूल्य समय चारा पत्ती लाने में बिता देती हैं कभी कभी यह जोखिमभरा भी साबित हो जाता है इस नई तकनीक के उपयोग से महिलाओं के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी साथ ही समय की बचत भी होगी